केन्द्र सरकार ने सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा पहुंचाने के लिए अधिसूचना की जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कल शाम मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने अपने देश का सर्वेच्च नागरिक सम्मान रूल ऑफ निशान इजजुरीन प्रदान किया मालदीव की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और सदभाव संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में किए गये अनेक कार्यों के लिए दिया गया है मालदीव ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मालदीव को उदारता पूर्वक निरंतर सहायता प्रदान की है बाद में मालदीव की संसद मजलिस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के प्रति सबसे बड़ा खतरा है और इससे निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की आवश्यकता है आतंकवाद की स्टेट स्पांसरशिप सबसे बढ़ा खतरा बना हुआ है यह बहुत बढ़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेरिज्म और बैड टेरीज्म का भेद करने की गलती कर रहे है क्रत्रिम मतमेदों में पड़कर हमने बहुत समय गंवा दिया है पानी अब सर से ऊपर निकल रहा है आतंकवाद की चुनौती से भली प्रकार से निपटने के लिए सभी मानवतावादी शक्तियों का एकजूट होना जरूरी है प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करने और भारत तथा मालदीव के बीच शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री ने मालदीव के लोगों से अपील की कि वे समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करें मैने क्लामेट चेंज का उल्लेख किया इसमें संदेह नहीं इस सच्चाई को हम रोज जी रहे हैं सूखती नदियां और मौसम की अनिरवितता हमारे किसानों को प्रभावित कर रही है पिघलते हिमखंड और समुद्र का बढ़ता स्तर मालदीव जैसे देशों के लिए अस्तित्व का खतरा बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने कल शाम माले में राष्ट्रपति कार्यालय में आपसी हित के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया दोनों नेताओं ने मालदीव में संयुक्त रूप से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया इनमें तटीय रडार निगरानी प्रणाली और मालदीव की सेनाओं के लिए संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं यह परियोजनाएं भारतीय सहायता और विशेषज्ञता से स्थापित की गई हैं दोनों नेताओं की उपस्थिति में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गये इनमें जहाजरानी स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण से संबंधित समझौते ज्ञापन शामिल थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में सरकार की बागडोर संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण में आज श्रीलंका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ईस्टर के दिन आतंकवादी हमलों के पीडितों के साथ एकजुटता प्रकट करना है प्रधानमंत्री के साथ उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल और विदेश सचिव विजय गोखले शामिल हैं प्रधानमंत्री ईस्टर हमलों से संबद्व एक स्थल को देखने भी जाएंगे जहां पैंतालिस विदेशियों सहित दो सौ अट्ठावन लोग मारे गये थे सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये देने का दायरा बढ़ाने के फैसले के बारे में अधिसुचना जारी कर दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्रषि मंत्रालय ने इस फैसले को अधिसुचित करते हुए सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि वे लाभार्थियों की पहचान करें सत्ता संगालने के बाद एनडीए सरकार ने अपने पहले ही मन्त्रिमंडल की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इस योजना का दायरा सभी किसानों तक बढ़ाने का वादा किया था प्रधानमंत्री किसान योजना कि घोषणा अन्तरिम बजट में की गई थी जिसके तहत छह हजार रुपये की राशि प्रति वर्ष लगभग साढ़े बारह करोड़ लघु और सीमान्त किसानों को देने निर्णय किया गया था अब संसोधित योजना के तहत दो करोड़ से अधिक किसान दायरे में आ जायेगें

आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिज्ञों के खिलाफ़ दल बदल चुनाव याचिकाओं और अपराध से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का आह्वान किया है श्री नायडू कल हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के निपटारे में गैर ज़रूरी देरी देश हित में नहीं है इन मामलों के जल्द निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय की विशेष पीठ गठित की जानी चाहिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आशा व्यक्त की है कि इस वर्ष इक्कीस जून को योग दिक्स पर बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व को उपहार भी है स्वस्थ जीवन के लिए विश्व को भारत का एक तोहफा योगा के रूप में देखा जाता है

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस वर्ष योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मीडिया संस्थानों को पुरस्कृत किया जायेगा ग्यारह समाचार पत्रों को सम्मानित किया जायेगा ग्यारह रेडियों को सम्मानित किया जायेगा और ग्यारह टीवी चैनल्स को सम्मानित किया जायेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहत अधिक उत्साह से इस पूरी दृनिया को जो एक स्वास्थ जीवन का ये जो लक्ष्य है उसके लिए माध्यमों का अच्छा उपयोग करेंगे और समी सहमागी होंगे ये मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखण्ड के रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे इसमें लगभग तीस हजार लोगों के भाग लेने की आशा है मुख्य समारोह से पहले रांची में तेरह जून को एक प्रारंभिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसमें योग संगठन और योग ग्रूओं के अलावा राज्य की जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी केन्द्र सरकार ने आम बजट के लिये नागरिकों से सुझाव और विचार मांगे हैं ताकि बजट तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और भागीदारी पूर्ण बनाया जा सके वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी पांच जुलाई को बजट पेश करेंगी आम बजट के बारे में सुझाव सरकार के पोर्टल माईजीओवी डॉट इन पर बीस जून तक दिये जा सकते हैं पोर्टल के अनुसार पिछले कई वर्षो से वित्त मंत्रालय बजट के बारे में नागरिकों से सुझाव मांग रहा है बजेट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये समाज के सभी वर्गो के नागरिकों के सुझावों का स्वागत है दो हजार उन्नीस बीस का आर्थिक सर्वेक्षण चार जुलाई को संसद के पटल पर रखा जाएगा जिसके बाद अगले दिन आम बजट पेश किया जाएगा प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य में सूखे तालाबों और पोखरों को हर हाल में पन्द्रह जून तक भरने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में रिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी लखनऊ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला भीषण गर्मी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पशु और पक्षियों को पेयजल की सुविधा देने के लिये किया है उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अब तक सिर्फ साठ प्रतिशत तालाब ही भरे जा सके हैं इसके अलावा सिंचाई मंत्री ने गंगा दशहरा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में बारह जुन को श्रद्वालुओं की सुविधा के लिये गंगा और राम गंगा नदियों में पानी मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है केन्द्रीय माध्यमिक रिक्षा बोर्ड ने जनजातीय विद्यार्थियों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संबद्वता का आवेदन करने की अंतिम तिथि तीस जून तक बढ़ा दी है पहले यह इकतीस मार्च थी देश भर में लगभग दो सौ छबीस एकलव्य विद्यालय हैं जिनमें से अड्सठ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं